प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योजना से जुड़े चिकित्सकों नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की

कामगारों को प्रदेश वापस लाने के लिए अब तक एक हजार चवालीस रेलगाड़ियों का प्रबन्ध किया गया

संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पांच हजार एक सौ पचहत्तर हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े चिकित्सकों नर्सों स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ देखभाल कार्यक्रम बन गया है उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या दो वर्ष से भी कम समय में एक करोड़ को पार कर गई है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है एक टवीट में श्री जावडेकर ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन्नीस महीने के भीतर एक करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज हुआ उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए यह सबसे बड़ी और सफल स्वास्थ्य देखभाल योजना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों से एक बार फिर आग्रह किया है कि वे पैदल अथवा अवैध वाहनों से यात्रा न करें उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार सभी प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए निःशुल्क ट्रेन और बसे चला रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश में आठ सौ अड़तीस श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां पहच चुकी हैं जिनसे चौदह लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में दो सौ छः ट्रेन और आएगी इस प्रकार क्ल एक हजार चौवालीस रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जा चुकी है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश परिवहन निगम की बारह हजार बसें प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने के लिए लगायी गयी हैं इसके अलावा सरकार ने प्रत्येक जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में दो सौ बसों की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह राज्य के सभी पचहत्तर जिलों को कुल पंद्रह हजार बसें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई हैं लखनऊ में कल लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी मण्डलायुक्त अपने अपने मण्डल में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आगमन और प्रवासी कामगारों को बस द्वारा उनके गृह जनपद भेजे जाने की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्वारंटीन केन्द्रों और सामुदायिक रसोई में सफाई और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध किये जायें प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी दक्षता की जानकारी ली जाये और कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरूस्त रखा जाये केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विमिन्न शहरों में रह रहे और रास्तों में फंसे हुए करीब आठ करोड़ प्रवासियों को केन्द्रीय पूल से अनाज के आवंटन की पिछली तारीख से मंजूरी दे दी है इसके अंतर्गत प्रवासियों को मई और जून के महीनों में प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा इस आवंटन से कोविड नाइन्टीन की वजह से शहरों के प्रवासियों और रास्तों में फंसे प्रवासियों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी देश में इस समय इकसठ हजार एक सौ उन्चास कोविड नाइन्टीन रोगियों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक बयालीस हजार दो सौ अट्ठानबे रोगी स्वस्थ हो गये हैं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू होने के समय रोगियों के ठीक होने की दर सात दशमलव एक प्रतिशत थी जो अब उन्तालीस दशमलव छह दो प्रतिशत हो गई है उन्होंने कहा कि लगभग चालीस प्रतिशत रोगी स्वस्थ हो गये हैं केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने एम एस एम ई क्षेत्र का आह्वान किया है कि वे टेक्नोलॉजी में सुधार के बारे में विचार करें और कोविड नाइन्टीन के बाद के दौर में आगे बढ़ने के लिए विदेशी निवेश प्राप्त करने का प्रयास करें उन्होंने कहा कि एम एस एम ई क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज का उपयोग इस तरह के उद्योगों को फिर से अपने आपको सक्रिय बनाने में करना चाहिए कॉन्फेडेरेशन ऑफ फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों को वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पैकेज से स्थानीय उद्योगों में नई चेतना का संचार होगा उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज एम एस एम ई क्षेत्र के लिए काफी मददगार साबित होगा श्री गडकरी ने एम एस एम ई क्षेत्र को शेयर बाजार से जोड़े जाने का भी जिक्र किया प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल दो सौ उन्चास नए मामले सामने आए जिसके बाद राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर पांच हजार एक सौ पचहत्तर हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक सौ अड़तालीस मरीजों को स्वस्थ हो जाने पर विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई राज्य में अब तक तीन हजार छियासठ रोगी स्वस्थ हुए हैं बीमारी से कल चार लोगों की मृत्यु हुई जिसके बाद प्रदेश में कोरोना महामारी से मृतकों की संख्या एक सौ सत्ताईस हो गई है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार नौ सौ बयासी है प्रदेश में कल बाराबंकी में सर्वाधिक पचास मरीज मिले जिले में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या उन्यासी हो गई है अयोध्या में इक्कीस मामले मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा अट्ठाईस पहुंच गया है इटावा में कल पन्द्रह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या उन्नीस हो गई है प्रयागराज में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के बारह नए मामले मिले जिसके बाद जिले में संक्रमितों की तादाद अट्ठावन हो गई है पन्द्रह मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके है और तीन की मृत्यु हुई है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या चालीस है प्रतापगढ़ में कल ग्यारह लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या छप्पन हो गई है अब तक बारह लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक की मृत्यु हुई है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या तैंतालीस है रामपुर जिले में कल दस नए मामले मिलने के बाद संक्रमित व्यक्तियों की संख्या चौरानबे पहुंच गई है अब तक तेईस लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं जिले में सक्रिय मामलों की संख्या इकहत्तर है आगरा जिले में कल नौ लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद यहां सक्रिय मामलों की संख्या एक सौ चौरासी हो गई है बिजनौर में भी कल नौ व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हई जिले में सक्रिय मामलों की संख्या सोलह है पीलीभीत में आठ नए मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामले बढ़कर अट्ठाईस हो गए हैं वाराणसी में कल सात लोग संक्रमित पाये गए जिसके बाद यहां कुल मामलों की संख्या एक सौ चौबीस हो गई है सड़सठ लोग स्वस्थ हुए हैं और चार की मृत्यु हुयी है जिले में सक्रिय मामलों की सख्या तिरपन है गोरखपुर में कोविड नाइन्टीन के छः नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सत्ताईस हो गई है बरेली में भी कल छः नए मरीज मिले यहां सक्रिय मामलों की संख्या पन्द्रह है इसके अलावा संतकबीर नगर बस्ती गाजीपुर मेरठ और मथुरा में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के छः छः नए मामले सामने आये उन्नाव गाजियाबाद लखीमपुरखीरी में पांच पांच और शाहजहांपुर कौशाम्बी तथा मुजफ्फरनगर में चार चार व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वृद्वावस्था चिकित्सा विभाग के डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी है क्योंकि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से उन्हें ज्यादा खतरा है सीनियर सिटीजन को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए वाकिंग हो चाहे रेजिस्टिंग ट्रेनिंग हो चाहे योगा हो ब्रिदिंग एक्सरसाइज हो और खुश रहना है आपको ये नहीं समझना है दिस टर्म इज नोट एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए क्योंकि आपका जो इम्युन सिस्टम है वो कम्पेरेटिवली यंग ऐज के मुताबिक वीक है

और अब कुछ संक्षिप्त समाचार रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे पहली जून से हर रोज दो सौ गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाएगा उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि घरेलू उड़ानें पच्चीस मई से शुरू हो जाएगी एक ट्वीट संदेश में श्री पुरी ने कहा कि सभी हवाई अड्डों और विमानन कम्पनियों को सोमवार से संचालन के लिए तैयार रहने की सूचना दी जा रही है नेपाल में कल कोरोना संक्रमण के पच्चीस नए मामले मिलने के बाद कोविड नाइन्टीन के मरीजों की संख्या चार सौ सत्ताईस पहुंच गई है पैंतालीस रोगी ठीक हो चुके हैं देश में कुल तीन सौ अस्सी सक्रिय मामले हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोफ वन रेंज में एक बाघ की मौत हो गई जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने दो सदस्यीय जांच समिति गठित कर तीन दिन में बाघ की मौत के कारणों की जांच कर रिपोर्ट मांगी है हापुड़ जिले से होकर गुजर रहे प्रवासी श्रमिकों को भारतीय किसान यूनियन द्वारा भोजन और पेयजल उपलब्ध कराया गया हापुड़ बाईपास से गुजरने वाली बसों में सवार यात्रियों को कई अन्य संगठन भी खाद्य पदार्थ वितरित कर रहे हैं